उसे अज्ञात स्थान पर ले जाया गया स्थानीय मीडिया के अनुसार हाफिज को आतंकरोधी न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए लाहौर से गुजरांवाला जाते समय गिरफ्तार किया गया

हाफिज सईद के नेतृत्वमें जमात उद दावा लश्करे तैएबा का अग्रणी संगठन है

इनमें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना आध्रनिक टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फेंसिंग के माध्यम से सीमा की निगरानी शामिल है यह जानकारी गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी देश के अन्य हिस्सों मे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के संबंध मे पूरक प्रश्न पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देशभर में गैरकानूनी ढंग से आये लोगोंऔर घुसपैठियों की पहचान की जायेगी और उन्हें वापस भेज दिया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हई मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया इसके साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए आज नई दिल्ली में बताया कि जो छात्र विदेशों सें मेडिकल की पढाई कर देश में काम करना चाहते हैं उनके लिए पहले की तरह परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा

केंद्र सरकार की घरेलू तेल भंडारों के समुचित दोहन के उद्देश्य से जारी नई पॉलिसी के तहत अब शीघ्र ही बाड़मेर जैसलमेर और बीकानेर जिलों के चुनिंदा क्षेत्रों में सर्वेक्षण और ड्रिलिंग के जरिये ये काम आगे बढ़ेगा केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड को दिये गये नर्ये एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के लिये अनुबंध हस्ताक्षरण को आधिकारिक बनाया

भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ ने षिक्षित बेरोजगारों को दिये गये बेरोजगारी भत्ते की जानकारी चाही थी

श्री चांदना ने बताया कि अक्षत योजना के तहत भी इन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था

श्री सर्राफ के पूरक प्रष्न का स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से भाजपा सदस्य वेल में आ गये और कुछ देर बाद उन्होंने सदन से वॉक आउट कर दिया

भाजपा सदस्य राजेंद्र राठौड़ के प्रष्न का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि रिसर्जेन्ट राजस्थान समिट में हये एमओयू को रद्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है परन्त् संबंधित विभागों द्वारा समयावधि पार होने अथवा अन्य कारणों से एमओयू निरस्त किये गये हैं

उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि जयपुर मेटल उद्योग का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निर्णय के बाद ही कम्पनी को शुरू किया जा सकेगा

प्रष्नकाल के दौरान एक तारांकित प्रष्न का जवाब देते हुए श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेष के कई चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी है

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेष में पंचायत समिति अथवा ब्लॉक स्तर पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जायेंगे

श्री मेघवाल प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराना संभव नहीं है

विधानसभा के बाहर आज मीडिया से बातचीत में कई विधायकों ने यह मंषा जाहिर की मीडिया से बातचीत में भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि जनता सांसद के मुकाबले विधायकों से ज्यादा अपेक्षा करती है इसलिए विधायक कोष की राषि बढाई जानी चाहिए विधायक राजेंद्र गुडा ने भी विधायक कोष को बढाये जाने की बात की

रक्षा प्रवक्ता कर्नल सोमबित घोष ने बताया कि मिलिट्री स्टेशन के सगतसिंह स्टेडियम में सेना के हथियारों व उपकरणों की तीन दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है जो शुक्रवार तक चलेगी इससे पूर्व कल शाम आर्मी की दक्षिण कमान के कमाण्डर ले जनरल एसके सैनी और पूर्व सांसद गज सिंह ने जोधपुर मिलिट्री स्टेडियम में स्थित कोणार्क स्टेडियम का लोकार्पण किया अब यह स्टेडियम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा सगत सिंह चूरू जिले के कोडमदेसर के रहने वाले थे

मिलिट्री स्टेशन में हुए कार्यक्रम में उनके पूत्र कर्नल रणविजय सिंह और उनके परिवार के लोग भी पहंचे

बारिश में फैलने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आयुर्वेद विभाग द्वारा एक दल का गठन किया जायेगा विभाग के संयुक्त सचिव ने बताया कि ये दल पूरे राज्य में हर जिले में फैलने वाली बीमारियों पर नजर रखेगा और संबंधित चिकित्सकों को निर्देश देगा

जिले मे लगभग तीन लाख बच्चो को यह टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है करौली जिले के हिंडौन में आज रूबेला और खसरा टीकाकरण अभियान की जानकारी के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया

टोंक जिले के देवली क्षेत्र की नये गांव ढाणी की छात्रा अंजली का अंतरराष्ट्रीय सस्टोबाल बाल प्रतियोगिता में चयन हुआ है

जिसके चलते प्रदेश में अधिकतम तापमान में क्छ गिरावट दर्ज हुई है

हमारे चूरू संवाददाता ने बताया है कि बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली है

उन्होंने आज वित्त विभाग से इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दी